प्रधानमंत्री व केन्द्रीय आवास मंत्री ने यमुनानगर जिले के बूडिया कस्बे के दो लाभार्थियों को सर्वश्रेष्ठ आवास प्रथा प्रस्कार से सम्मानित किया

बार बार हाथ धोना व मास्क पहनना है जरूरी और नहीं भूलनी है दो गज की दूरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सबके आवास का वायदा करते हये कहा है कि यह समय गरीबों के कष्टों का अंत करने का है वे आज वीडियों कांफ्रेस के मायम से छ राज्यों में लाईट हाउस परियोजना की आधारशिला रखने के अवसर पर सम्बोधित कर रहे थे

श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं को कम समय में आवास तैयार होंगे और ये अधिक किफायती होंगे उन्होंने कहा कि अपने घर का सबका सपना होता है और केन्द्र सबके के घर योजना के अंतर्गत शहरों में रह रहे गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों की भावनाओं को प्रमुखता दे रहा है उन्होंने कहा कि सरकार रियल एस्टे क्षेत्र में पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में लगातार प्रयास करी रही है श्री मोदी ने कहा कि घरों के खरीदारों को प्रोत्साहित करने के लिए देश में गृहकर में कटौती की जा रही है श्री मोदी ने कहा कि सस्ते घरों पर जो पहले आठ प्रतिश गृहकर कर था वो आज घटकर एक प्रतिशत गृहकर रह गया है जबकि औसत घरों पर केवल पांच प्रतिशत गृहकर लिया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामले बारे मंत्री हरदीप सिंह प्री ने आज वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ आवास निर्माण के लिए कस्बा ब्रेडिया के दो लाभार्थियों को सर्वश्रेष्ठ आवास प्रथा प्रस्कार से सम्मानित किया

केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशा को टीकाकरण के लिए आवश्यक तैयारियांं सुनिश्चित करने को कहा है सभी राज्यों की राजधानियों में कम से कम तीन स्थानों पर इस टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया जायेगा

यह सोमवार और सरकारी अवकाश को छोड़कर शेष सभी दिन आम लोगों के लिए खुला रहेगा

पुलिस प्रवक्ता आदर्श दीप सिंह ने बताया कि आरोपी रामचंद और शेख अब्दल अजीज को एक सूचना के आधार पर उस वक़्त गिरफतार किया जब वह दिल्ली से फरीदाबाद इस चरस को बेचने आये थे देश में वस्त् एवं सेवा कर लागू होने के बाद बीते माह वस्त् एवं सेवाकर राजस्व की रिकार्ड वसूली हुई है

हरियाणा में कल और परसों अध्यापक पात्रता परीक्षा का अयोजन किया जा रहा है

हरियाणा सरकार ने राज्य के महाविदयालयों के प्रांगन में प्रभावी निगरानी और देख रेख के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम शीघ्र मुकक्मल करने के निर्देश दिये है एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि उच्चतर शिक्षा विभाग ने महानिदेशक ने राज्य के सभी सरकारी सहायता प्राप्त महाविदयालयों व एवं वित्तपोषित महाविदयालयों के प्रधानाचार्यो को निर्देश जारी कर कहा कि जिन महाविदयालयों में अभी तक सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाये है वे यथाशीघ्र इस काम को पूरा करें